कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं चाहें वो कृषि कानूनों के बारे में हो नागरिकता संशोधन कानून के बारे में हो या श्रम कानून के बारे में हो

आज गलत नेरेटिव्सह बनाए जाते हैं कभी सीसीए को लेकर कभी कृ षि कानूनों को लेकर कभी लेबर लॉ को लेकर बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना हो होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है ये एक बहुत बड़ा षडयंत्र है

इसलिए देश में तरह तरह की अफवाएं फैलाई जाती हैं भ्रम फैलाएं जाते हैं झूठ फैलाया जाता है कभी कहा जाता है कि संविधान बदल दिया जाएगा कभी कहा जाता है आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा कभी कहा जाता है नागरिकता छीन ली जाएगी श्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताआ से लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि पार्टी न केवल राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी पूर्ति करती है

इस अवसर पर प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये

पीलीभीत कुशीनगर और कौशाम्बी सहित अन्य जनपदों में प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन के बाद कार्यकर्ताओं ने लोगों को बधाई दी

यह इस कार्यक्रम का पहला संस्करण होगा जो कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्च्यअल माध्यम से आयोजित होगा परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुझाव देंगे देश ने कोविड टीकाकरण के मामले में एक महत्वपूर्ण पडाव पार कर लिया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिये विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जार दिया है उन्होंने कहा कि लखनऊ प्रयागराज कानप्र नगर वाराणसी आगरा मेरठ गाजियाबाद गोरखपुर सहारनपुर बरेली झांसी तथा गौतमब्रद्ध नगर में उपचार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाये मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कांटैक्ट ट्रेसिंग के कार्य को पूरी सक्रियता क साथ करने के निर्देश दिये उन्होंन कहा कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच की जाये और लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाने के लिये प्रेरित किया जाये मुख्यमत्री ने स्पष्ट निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाये कि कही भी भीड़ एकत्रित न हो और सार्वजनिक तथा मांगलिक कार्यक्रमों के लिये खुले स्थानों पर दो सौ से अधिक तथा बंद स्थानों पर सौ से अधिक लोगों की अनुमति न दी जाये उन्होंने राज्य में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर पूरी सक्रियता के साथ संचालित करने के लिये कहा

प्रतापगढ़ जनपद में जहरीली शराब प्रकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी दिनेश कुमार द्विवेदी और क्षेत्राधिकारी कुंडा जितेन्द्र सिंह परिहार को निलम्बित कर विभागीय कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये हैं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि शराब माफिया से संलिप्पता संबंधी घटना की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन से कराने के भी निर्देश दिये गये हैं गौरतलब है कि गत सप्ताह जहरीली शराब पीने से जनपद में आठ से अधिक लोगों की मौत हुई तथा कई अन्य गंभीर रूप से बीमार पड़ गये देश में कोविड रोकथाम के लिए कोरोना अनुकूल व्यवहार की दिशा में आज से एक विशेष अभियान शुरु किया गया है इसमें शत प्रतिशत मास्क पहनने व्यक्तिगत स्वच्छता सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों की साफ सफाई तथा स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है

रविवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड संक्रमण से निपटने के लिए समुदाय की जागरुकता और इसकी भागीदारी के महत्व पर जोर दिया था

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के इस आदेश में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे टीका लगवाने के बाद भी कोविड नियमों का पालन करें मास्क पहने बार बार हाथ धोएं और सुरक्षित दूरी बनाये रखें

इस नियंत्रण कक्ष में स्थापित दूरभाष के माध्यम से जनपदों से प्राप्त शिकायतों का समाधान करने की व्यवस्था की गई है यह नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे कार्य करेगा

उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि नियंत्रण कक्ष के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण तत्काल सुनिश्चित कराया जाये न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना देश के अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की

रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान यातायात के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नही होगा लोग टीका लगवा सकेंगे परन्तु इसके लिए ई पास होना आवश्यक है राशन की दुकानों फल और सब्जी बेचने वालों तथा मेडिकल स्टोर के मालिकों को ई पास लेने होंगे प्रिट और इलेक्ट्रानिक मीडियाकर्मियों को आने जाने के लिए ई पास लेना होगा